प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण इलाकों को कोरोना से बचाने की ज़रूरत पर बल दिया है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हई बैठक में उन्होंने कहा कि इस दिशा में मिल कर काम करने की ज़रूरत है बैठक में कोरोना महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा की गई

प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री गृहमंत्री वित्त मंत्री व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे जिससे इस बैठक को आगे के रोडमैप के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ज़िलों के भीतर ई पास के ज़रिए ही आवागमन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास लेना ज़रूरी होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र ने आज ज़िला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की

उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में लोग रेड ज़ोन क्षेत्रों से आएंगे ऐसे में उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी उन्होंने उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन में सुविधाएं बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सुविधाएं इस तरह से बनाई जाएं ताकि भुगतान करने के इच्छुक लोग इनमें भुगतान के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकें मुख्य सचिव अनिल खाची पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार रखे गोविंद ठाकर वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां और निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की अर्थव्यवस्था जल्द रफ्तार पकड़ेगी और इसमें श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा गोविंद ठाकुर ने आज मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना और उनसे बेफिफ्र होकर काम करने का आह्वान किया उन्होंने इन कामगारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद कुछ पंचायतों को छोड़ कर प्रदेशभर में मनरेगा कार्य शुरू हो गए हैं ऊना में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इन कार्यो के शुरू होने से लाखों कामगारों को राहत मिली है वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य में मनरेगा के तहत अढ़ाई हज़ार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे सम्मान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर को साफ सुथरा बनाने में ये कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं

रक्तदान कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने आज शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगाया इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रक्त देकर किसी का जीवन बचाना एक पुण्य का कार्य है उन्होंने कहा कि परिषद ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यो में भी अहम भूमिका निभाती रही है लाहौल लाहौल स्पीति ज़िले में सेना को छोड़ कर लेह लद्दाख की ओर से घाटी में आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी उपायुक्त केके सरोच ने केलंग में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस संबंध में ज़िला प्रशासन द्वारा लेह और लद्दाख प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा एनएसएस कोरोना काल के इन दिनों में प्रदेशभर में एनएसएस स्वयं सेवी समाज के प्रति अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं वे लोगों को मास्क बना कर वितरित तो कर ही रहे हैं साथ ही सामाजिक दूरी व साफ सफाई के लिए जागरूक भी कर रहे हैं कभी पोस्टर तो कभी कविताओं व वीडियो के माध्यम से वे घरों में रह रहे आस पड़ोस के बुजुर्गों को भी जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं एनएसएस द्वारा एक विशेष अभियान ईच वन वन हंड्रड वन अभियान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चलाया गया है इस अभियान के प्रदेश समन्वयक डॉक्टर मनोज डोगरा ने बताया कि पूरे प्रदेश के स्वयं सेवी व कार्यक्रम अधिकारी इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं

रेलगाड़ी दक्षिण भारत में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर विशेष श्रमिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज शाम बेंगलूरू से ऊना के लिए रवाना हो गई है

ज़िला प्रशासन ने इन यात्रियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के लिए सभी ज़रूरी प्रबंध पूरे कर लिए हैं

महिला मोर्चा प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने आज सोलन ज़िला प्रशासन को मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए

प्रशासन द्वारा इस सामग्री को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा

इसके अलावा सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने नादौन के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित पुलिस थानों और चौकियों में भी मास्क बांटने का फैसला लिया है उन्होंने कहा कि मास्क खरीद व वितरण पर आने वाला सारा खर्च वे अपनी जेब से वहन करेंगे और इस कार्य को जल्द सिरे चढ़ाया जाएगा

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से लोगों के लिए राहत व आर्थिक पैकेज का ऐलान करने की मांग की है उन्होंने ज़िले के भीतर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही के सरकार के निर्णय को सही बताते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए फैसला लेने का भी आग्रह किया है कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी के आनन फानन में लोगों को राज्य में आने की अनुमति दी जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है होम डिलीवरी मण्डी ज़िला मुख्यालय में व्यापार मण्डल ने लोगों को घरद्वार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपकी टोकरी होम डिलीवरी सेवा शुरू की है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मौजूदा हालात में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मण्डल का ये प्रयास सराहनीय है स्कैनर सोलन सब्जी मण्डी में किसानों व बागवानों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए इन्फ्रारेड थर्मल स्कैनर स्थापित किया गया है कृषि उत्पादन विपणन समिति सोलन के सचिव रविन्द्र शर्मा ने बताया कि इसके माध्यम से सभी लोगों का तापमान मापा जाएगा